प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन में दी जा रही ढील के बाद उत्पन्न हो रही विभिन्न समस्याओं से निपटने की योजना का खाका बताने को भी कहा है श्री मोदी ने कहा है कि जो कदम लॉकडाउन के पहले चरण में उठाए गये उनकी आवश्यकता दूसरे चरण में नहीं रह गई थी और इसी तरह तीसरे चरण में किये गये उपायों की जरूरत चौथे चरण में नहीं रहेगी

उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले सभी प्रवासी कामगारों को चरणबद्व ढंग से राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए प्रवासी कामगारों सहित किसी भी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड न होने पर भी उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कृषि विज्ञान केन्द्र कृषक उत्पादक संगठन को बढ़ावा दें तथा किसानों को कृषि विविधिकरण के लिए प्रशिक्षित करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा गेहूं क्रय केन्द्र की व्यवस्था को और बेहतर ढंग से लागू किया जाए और किसानों के हित में कुछ स्थानों पर निजी मण्डियों की स्थापना करायी जाए उन्होंने बरसात के मौसम में होने वाले संचारी रोगों की रोकथाम के लिए भी अभी से तैयारी प्रारम्भ करने का निर्देश दिया

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभिन्न जनपदों के ग्राम रोजगार सेवकों से संवाद करके उनकी कुशल क्षेम प्राप्त की और उनके क्षेत्र में संचालित मनरेगा कार्यो के संबंध में जानकारी भी ली

इसके लिये नीतियां और रोडमैप तैयार किया जा रहा है

उन्होंन रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की जरूरत बताई

उन्होंने बताया कि अब तक एक हजार सात सौ उन्सठ मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं

उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु अलर्ट जनरेट होने पर दो हजार सात सौ बाईस लोगों को कन्ट्रोल रूम से कॉल किया गया और पॉजीटिव पाये गये लोगों का उपचार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को बडो उपलब्धि मिली है राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित मरीजों से अधिक हो गई है

प्रदेश में इस समय कुल कोविड पीड़ित मरीजों की संख्या से ज्यादा तादाद में मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं

मरीजों की पहचान में आरोग्य सेतु ऐप की भी काफी मदद मिल रही है अब तक दो हजार से अधिक ऐसे लोगों का परीक्षण किया जा चुका है जिनके बारे में आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट जारी हुआ था और इसमें से नौ लोग कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

भारतीय रेलवे ने आज से विशेष यात्री रेल सेवाएं फिर शुरू कर दी हैं शुरू में पन्द्रह जोड़ी रेलगाडियां चलाई जाएंगी इन रेलगाडियों को नई दिल्ली स्टेंशन से विशेष रेलगाड़ी के रूप में चलाया जा रहा है और ये डिब्रूगढ़ अगरतला हावड़ा पटना बिलासपुर रांची भुवनेश्वर सिकंदराबाद बेंगलुरू चेन्नई तिरूवन्तपुरम मड़गांव मुम्बई सेंट्रल और जम्मू तवी से जुड़ेंगी रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रिया को कम से कम डेढ़ घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके ट्रेन में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें वायरस से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे शुरुआत में केवल वातानुकूलित ट्रेन ही चलेंगी और इन ट्रेनों में राजधानी के बराबर ही किराया लिया जाएगा ट्रेन के किराये में खानपान का पैसा नहीं लिया जाएगा और इसके लिए यात्री को ट्रेन में ही भुगतान करना होगा इसके अलावा यात्रियों को ट्रेनों में कंबल चादर और तौलिया नहीं दिया जाएगा टिकट केवल ऑनलाइन आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी सफर के दौरान यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा

रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर लें

आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि शुरू में यात्री ट्रेन के लिए केवल ई टिकट ही दिए जा रहे हैं जो सात दिन पहले तक ब्रक कराए जा सकते हैं इनिशियली हम लोगों ने सिर्फ ई टिकट्स अलॉउ किए हैं जिसमें क्लास ऑफ जर्नी रहेगी थर्ड एसी सैकेंड एसी और फर्स्ट् एसी च्रंकि ये इमरजेंसी का कदम है तो हम लोगों ने सेवन डेज का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड दिया है तो आप अठारह तक की गाड़ियों का टिकट बुक कर सकते हैं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा इसमें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर एके वाषणेय हिस्सा ले रहे हैं श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिन्दी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम संवाद में रेलवे पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा इस कार्यक्रम में श्रोता आज स यात्री ट्रेनों को फिर से शुरू करने से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी राशनकार्ड को आधार नम्बर से जोड़ने की समय सीमा तीस सितम्बर तक बढ़ा दी है यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार नम्बर नहीं होने पर किसी भी वास्तविक लाभार्थी को अनाज लेने से मना नहीं किया जाएगा न ही राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा और न उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं